प्रदेश में कोरोना संकमण के नए मामलों में कमी का सिलसिला जारी करौली जालौर और हनुमानगढ़ जिलों में कल नहीं मिला एक भी नया मरीज राज्य में अगले साल जनवरी में होने वाली पटवार भर्ती परीक्षा स्थगित प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से कल तक राहत के आसार नहीं माउंट आबू तेज सर्दी के बावजूद सैलानियों से गुलजार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

नए कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच आज छठे दौर की बातचीत होगी

इस बातचीत में पिछले दिनों लाए गए तीन कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य वायू गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर चर्चा होगी इस बीच सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि वह स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों के सभी मुद्दों का उचित समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है

ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यह टीके विफल होंगे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि कोविड के नये रूप में इतना बदलाव नहीं है कि मौजूदा टीके निष्प्रभावी हो जायें

ब्रिटेन में पाया गया कोरोना ज्यादा संक्रामक है

प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है

अजमेर में अगले साल फरवरी में होने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में जायरीन की भीड़ रोकने के लिए कायड के विश्राम स्थल को बंद रखा जाएगा जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह तय किया गया कि उर्स की सभी रस्में सादगीपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भीड़ एकत्रित न की जाए केन्द्र सरकार की ओर लोगों में कोरोना जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक आदेश जारी कर अगले साल जनवरी में होने वाली पटवार भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है बोर्ड की ओर से अब परीक्षा का नया कार्यकम जारी किया जाएगा

खासकर शेखावाटी क्षेत्र के इलाकों में आज तापमान जमाव बिन्दू से नीचे बना हुआ है सीकर जिले के फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन परा जमाव बिन्दू से नीचे रहा वहां आज सुबह माइनस तीन डिग्री सैल्सियस तापमान दर्ज किया

हनुमानगढ़ में भी तेज बर्फीली हवाओं के कारण सर्दी से बचने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं कोहरे से दृश्यता कम होने की वजह से यातायात पर भी असर पड़ा है राज्य के पर्वतीय स्थल माउंट आबू में पिछले तीन दिनों से तापमान माइनस में चल रहा है